पूर्व प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर किया गया नमन

लोक जनशक्ति पार्टी संसदीय बोर्ड की कल होगी बैठक

स्वस्थ होने की दर लगभग तिरानवे प्रतिशत महात्मा गांधी की एक सौ इक्यावनवीं जयंती के अवसर पर हम बुलेटिन की शुरूआत बापू की बात से कर रहे हैं प्रार्थना सभा के बाद अपने संबोधन में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के बारे में बात की थी

अगर असत्य काम करना है तो तो वो झूठ हो जाता है वो असत्य के लिए नहीं है सत्य के लिए है सम्मान के लिए है ऐसा जब होता है तो कभी हारना नहीं कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ इक्यावनवीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है महात्मा गांधी की जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाई जा रही है इस अवसर पर देश विदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं दिल्ली में राजघाट स्थित महात्मा गांधी की समाधि पर आज सुबह सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बापू की समाधि पर जाकर उन्हें प्रष्पांजलि अर्पित की अपने संदेश में राष्ट्रपति ने गांधी जयंती पर देशवासियों से राष्ट्र की प्रगति और कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करने का संकल्प लेने का आहवान किया है उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु ने कहा कि महात्मा गांधी की अंत्योदय की सोच हमें देश के सबसे उपेक्षित लोगों के उत्थान के लिए कार्य करने की प्रेरणा देती रहेगी राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हमें उनके जीवन और महान विचारों से बहुत कुछ सीखना है प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि बापू के आदर्श हमें खुशहाल और करुणामय भारत के निर्माण का रास्ता दिखाते रहेंगे

गांधी जी समाज में खड़े आखिरी व्यक्ति के लिए हक पर फैसला लेने की बात करते हैं गांधी जी के ये सिद्धांत हमें मानवता की रक्षा करने के लिए मार्गदर्शक की तरह काम करते हैं मुझे विश्वास है कि गांधी जी का दिखाया यह रास्ता बेहतर विश्व के निर्माण में प्रेरक सिद्ध होगा मैं समझता हूं कि जब तक मानवता के साथ गांधी जी के विचारों का एक प्रवाह बना रहेगा तब तक गांधी जी की प्रेरणा और प्रासंगिकता भी हमारे बीच बनी रहेगी राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी एक सौ सोलहवीं जयंती पर याद कर रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज सुबह विजयघाट स्थित उनकी समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की एक ट्वीट संदेश में राष्ट्रपति ने कहा है कि लाल बहादुर शास्त्री ने हरित क्रांति श्वेत क्रांति और युद्ध काल में जिस तरह देश का नेतृत्व किया वह राष्ट्र को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु ने कहा है कि शास्त्री जी ने अपने अनुकरणीय नेतृत्व से संकट के समय राष्ट्र का मार्ग दर्शन किया अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि लाल बहादुर शास्त्री सादगी के प्रतीक थे और उनका जीवन राष्ट्र के कल्याण के प्रति समर्पित था प्रधानमंत्री ने कहा कि शास्त्री जी ने भारत के लिए जो कुछ किया उसके लिए राष्ट्र कृतज्ञतापूर्वक उनका स्मरण करेगा

राष्ट्र के प्रति उनके निरूस्वार्थ तपस्या का ही प्रतिफल था कि लगभग डेढ वर्ष के संक्षिप्त कार्यकाल में वे देश के जवानों और किसानों को सफलता के शिखर पर पहुंचने का मंत्र दे गए शास्त्री जी का जीवन हमें विन्रमता और सादगी का संदेश देता है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज गांधी जयंती के अवसर पर पूर्वी चंपारण के बंजरिया में बापू की अदमकद प्रतिमा का अनावरण किया इस वर्चुअल समारोह में श्रीमती गांधी ने एक सौ इक्यावन स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को भी सम्मानित किया कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि महात्मा गांधी के सत्य अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग पर चलकर ही देश को एकजुट रखा जा सकता है प्रदेश में भी गांधीजी और शास्त्री जी की जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में राज्यपाल फागू चौहान ने गांधीजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की वहीं शास्त्री नगर पार्क में राज्यपाल फागू चौहान ने शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी गांधीजी और शास्त्रीजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा है कि दोनों महापुरूषों का जीवन आम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जिला मुख्यालयों में भी इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं बापू की कर्मभूमि चंपारण के भितिहरवा आश्रम में इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किये गये बापू वंदना में कलाकारों में महात्मा गांधी के प्रिय भजन की प्रस्तुति दी मोतिहारी में महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफसर संजीव कुमार शर्मा ने मीडिया विभाग द्वारा निर्मित डॉक्यूमेंट्री और गांधीजी पर आधारित न्यूज लेटर के विशेषांक परिसर प्रतिबिंब का लोकार्पण किया विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं में भी इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किये गये साथ ही स्वच्छता अभियान भी चलाया गया इनर्जी इंटरनेशनल पटना के अध्यक्ष विजय नारायण झा के नेतृत्व में अगमकुआं में प्रभातफेरी निकाली गयी और साफ सफाई अभियान चलाया गया

आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री झा ने कहा कि कांग्रेस भी महागठबंधन के साथ है उन्होंने कहा कि सभी दलों के साझा प्रेस कांफ्रेंस में इसकी जानकारी दी जायेगी हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि यह प्रेस कांफ़ेंस कब होगी इधर कांग्रेस की ओर से इस मुद्दे पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की आज भी सदाकत आश्रम में बैठक हुई एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है एनडीए के प्रमुख घटक दलों भाजपा जदयू और लोजपा की अलग अलग बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने कल दिल्ली में पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक बुलायी है पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बैठक में चिराग पासवान विधानसभा चुनाव को लेकर अंतिम रूप से कोई फैसला ले सकते हैं इधर प्राप्त जानकारी के अनुसार सीटों के बंटवारे पर केन्द्रीय नेतृत्व से बातचीत के लिए एक बार फिर भाजपा के बिहार चुनाव प्रभारी देवेन्द्र फडणवीस और पार्टी के प्रदेश प्रभारी भूपेन्द्र यादव दिल्ली गये हैं इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि सीटों के बंटवारे के मुद्दे को सुलझाने को लेकर चार सदस्यों की एक कमिटी बनायी गयी है जो सभी घटक दलों के नेताओं के साथ समन्वय बना रही है उन्होंने कहा कि जल्द ही एक साथ सभी घटक दल मिलकर सीटों के तालमेल की घोषणा करेंगे

श्री प्रसाद आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि अनाजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी खरीद की प्रक्रिया जारी रहेगी श्री प्रसाद ने विपक्षी दलों पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया इधर केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कृषि विधेयकों के मुद्दे पर विपक्षी दलों द्वारा झूठा प्रचार करने का आरोप लगाया है समस्तीपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये सभी विधेयक किसानों के हित में हैं प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने वालों की संख्या एक लाख पचासी हजार सात सौ सात हो गयी है स्वस्थ होने की दर लगभग तिरानवे प्रतिशत है स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में एक हजार चार सौ संतानवे लोग स्वस्थ हुए हैं वहीं इसी अवधि में चार लोगों की मौत के साथ ही मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर नौ सौ दस हो गया है एक दिन में कोविड उन्नीस के एक हजार चार सौ इकतीस नये मामले सामने आये हैं पटना से सबसे अधिक दो सौ छत्तीस मामलों की पुष्टि हुई है पूर्णिया से एक सौ इकतीस जमुई से उनसठ मुजफ्फरपुर से अंठावन अररिया से बावन और पश्चिम चंपारण से इक्यावन मामले पॉजिटिव पाये गये हैं

पूर्व प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर किया गया नमन

लोक जनशक्ति पार्टी संसदीय बोर्ड की कल होगी बैठक

स्वस्थ होने की दर लगभग तिरानवे प्रतिशत